केन्द्रीय रक्षामंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने आज लखनऊ में दो सौ अस्सी करोड़ रूपये की लागत के दो फ्लाईओवर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

विकासनगर स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टेढ़ी पूलिया चौराहे पर फ्लाईओवर बनने से लोगों को यहां लगने वाले भारी भरकम जाम से निजात मिलेगी

इस अवसर पर केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि लखनऊ से कानपूर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे दो हजार बाइस तक बनकर तैयार हो जायेगा

उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय कई बड़े काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है

श्री गडगरी ने प्रदेश में सात हजार दो सौ पचास करोड़ रूपये की छः सौ अस्सी किलोमीटर लम्बी इक्कीस नयी सड़क परियोजनाओं की भी घोषणा की समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बूनियादी ढॉचे का विकास तेजी से किया जा रहा है राज्य में इस समय कई एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है मूख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार प्रदेश में विकास के जो भी कार्य करेगी राज्य सरकार उसमें अपना पूरा सहयोग देगी

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यातायात के लिए खोल दिया गया है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा करके सरकार ने दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय को कम करने का वादा पूरा कर दिया है

एक्सप्रेस वे के निर्माण पर आठ हजार करोड़ रुपये लागत आई है और इससे यातायात में भीड़भाड़ और प्रदूषण की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को ग्यारह अप्रैल तक बन्द रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

श्री योगी ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का अनिवार्य उपयोग सेनेटाइजेशन का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाय उन्होंने निगरानी समितियों को सक्रिय करने के साथ साथ सर्विलान्स सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए भी कहा है उन्होंने कहा कि त्यौहारों और पंचायत चुनावों के लिए दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं ऐसे में गॉवों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाय

देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केन्द्र ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केन्दो को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह क सातों दिन खुला रखें ये केन्द्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा को जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखत हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ब्रुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से ब्रकिंग कराने की आवश्यकता नहीं है

इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे प्रदेश में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर एक संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था

चेंचू आदिवासी बच्चों का यह दल हिमालयन एक्सपेडीशन पर निकला है मुख्यमंत्री ने इस दल को उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान रहने खाने से सम्बन्धित सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं

यह दल नागार्जुन सागर हैदराबाद नागपुर मैहरदेवी सतना वाराणसी प्रयागराज अयोध्या होते हुए बद्रीनाथ जा रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अधिकारियों की टीम गठित कर प्रदेश के सभी गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा है गेहूं क्रय केन्द्रों पर एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री ने गेहूं क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन की खरीद की समीक्षा करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि लघु और सीमान्त किसानों से गेहूं की खरीद के लिए सप्ताह में तीन दिन आरक्षित किये जाय और इन किसानों के लिए गेहूं क्रय केन्द्रों पर ऑन द स्पाट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से रखी जाय